राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत के अध्ययन को दिया गया है बढ़ावा

अट्ठानबे मरीज हए स्वस्थ

श्री मोदी ने कल वीडियो काफ्रेंस के जरिए तीन दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट दो हजार इक्कीस का उद्घाटन किया अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में स्वमाविक रूप से अगुवा होने के कारण जल्द ही समुद्री अर्थव्यवस्था में वृद्दि के लिए बड़ी सफलता हासिल कर लेगा श्री मोदी ने कहा कि सरकार विमिन्न सुधारों के माध्यमों से समुद्री ढांचागत सुविघाएं तैयार करने पर जोर दे रही है फ्र्यानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रमुख बंदरगाहों पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित कर रही है और इसके साथ ही समुद्री अर्थव्यवस्था में सुधार को बढावा दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि इन उपायों से आत्मनिर्मर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए समुद्री क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि तटीय आर्थिक क्षेत्र के साथ बंदरगाहों के एकीकरण बंदरगाह आधारित स्मार्ट शहर का निर्माण और बंदरगाहों के निकट वैश्विक विनिर्माण गतिविधयां शुरू करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेश करने योग्य चार सौ से अधिक परियोजनाओं की सूची तैयार की है प्रधानमंत्री ने कहा कि बयासी अरब डॉलर की पांच सौ चौहत्तर परियोजनाए सागर माला परियोजना के तहत चिन्हित की गई हैं उन्होंने कहा कि द्वीपीय बुनियादी ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की शुरुआत हो गई है प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय और निजी क्षेत्र से बंदरगाहों के लिए निवेश करने की अपील की इससे पहले प्रधानमंत्री ने मैरीटाइम इंडिया विजन दो हजार तीस नामक ईबुक का विमोचन किया इसमें समुद्री क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी दी गई है प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनन्दीबेन पटेल ने कहा कि भारत को एकता के सूत्र में बांघने में संस्कृत भाषा और सनातन संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने नई पीढ़ी को संस्कृत के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए विद्वानों को आगे आना होगा श्रीमती पटेल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा दिया गया है श्रीमती पटेल कल वाराणसी में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के अड़तीसवें दीक्षात समारोह को सम्बोधित कर रही थीं समारोह में मालदीव के पूर्व राजदूत एवं विदेश मंत्रालय में अपर सचिव अखिलेश मिश्र विशिष्ट अतिथि थे अपने सम्बोधन में श्री मिश्र ने कहा कि भारत की एकजुटता की परम्परा की झलक संस्कृत में मिलती है संस्कृत के कारण ही भारत विविधता वाला देश होते हुए भी अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रख सका विधानसभा में कल राजनैतिक मुकदमों को सरकार द्वारा वापस लेने का मुद्दा छाया रहा सत्ता पक्ष ने सदन को अवगत कराया कि सरकार ने दलगत भावना से अलग हटकर राजनैतिक मुकदमों को वापस लिया है जबकि पिछली सरकार में आतंकवाद से जुड़े लोगों के मुकदमे वापस लिये गये थे सरकार के जवाब से संतृष्ट न होने पर विपक्ष ने कई बार सदन में हंगामा किया और सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चन्द्र द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश में नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के पद रिक्त है नगर क्षेत्र में संचालित चार हजार चार सौ नब्बे प्राथमिक विद्यालयों में पांच लाख छियालिस हजार एक सौ सत्तावन छात्र पंजीकृत है जिसके सापेक्ष नौ हजार चार सौ सड़सठ शिक्षक और तीन हजार आठ सौ तैंतालिस शिक्षामित्र कार्यरत है उधर विधान परिषद में कृषि कानूनों को वापस लेने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और बेरोजगारी सहित शिक्षामित्रों का मामला गुंजा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार किसानों की हितैषी है और उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जायेगा उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार ने कई उपजों पर मंडी शुल्क शुन्य कर दिया है जिसका सीधा लाम किसानों को होगा उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि मंडी व्यवस्था निरन्तर जारी रहेगी न तो किसी भी कृषि मंडी को बंद किया गया है और न बंद किया जायेगा श्री शाही कल विधान परिषद में बोल रहे थे प्रदेश में किसानों से इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान की सर्वाधिक खरीद की गयी है अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में बताया कि इस साल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर छः सौ अड़सठ लाख कुन्टल धान खरीदा गया जो पिछले वर्ष की खरीद की तुलना में डेढ़ गुना अधिक है उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी एक अप्रैल से सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी सरकार ने इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार नौ सौ पचहत्तर रूपए घोषित किया है श्री सहगल ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया एक मार्च से शुरू हो गयी है किसान एफसीएस डॉट यूपी डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करा सकते हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने से आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही है तेरह लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा बयालीस हजार सात सौ पचासी करोड़ रूपये के बैंक ऋण का वितरण किया गया है एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से तीस लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं अपर मृख्य सचिव सुचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश में सरकार द्वारा निवेश उन्मुख नीति लाने के बाद अब उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है वर्ष दो हजार सत्रह में प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में पांचवे स्थान पर था उन्होंने बताया कि राज्य में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम चलाई जा रही है केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल रामपुर में कोविड का पहला टीका लगवाया उन्होंने कहा कि भारत में बनी कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और सभी लोगों को अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवानी चाहिए एक अन्य कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकास और सुशासन का प्रमाणित ब्रांड बन गये हैं उन्होंने बिना किसी मेद भाव के समावेशी विकास और सशक्तिकरण के संकल्प के द्वारा जरूरतमंदों तक विकास की रौशनी पहुंचाने का सफल प्रयास किया है उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर सिर्फ बयानबाजी के सहारे सियासत की सीढ़ियां चढ़ने के दिन लद गये हैं जनता विकास में विश्वास रखती है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक सौ पांच नए मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान अट्ठानबे मरीज स्वस्थ हुए राज्य में इस समय कोविड नाइन्टीन के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार बयासी है प्रदेश में कोरोना की जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है विगत सोमवार को एक लाख नौ हजार आठ सौ सत्तर कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक तीन करोड़ पंद्रह लाख पांच हजार सात सौ साठ कोविड नमूनों की जांच की जा च्की है मिर्जापूर स्थित माँ विन्ध्यवासिनी अष्टभुजा और काली माँ के परिक्रमा मार्ग को चौड़ा बनाया जायेगा जिससे श्रद्वाल्ओं को आने जाने में परेशानी न हो जिला प्रशासन ने विन्य कॉरीडोर के अन्तर्गत परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह ने बताया कि बजट आते ही अष्टभुजा और काली खोह मंदिरों का विस्तारीकरण तथा अन्य कार्य शुरू कर दिए जायेंगे नवरात्रि के दिनों में यहां विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्वालु विन्ध्वासिनी का दर्शन और पूजन करने आते हैं भारतीय स्टेट बैंक ने आवास ऋण पर ब्याज दर छः दशमलव सात प्रतिशत कर दी है बैंक ने कहा है कि पचहत्तर लाख रुपये तक का आवास ऋण लेने वालों के लिए ब्याज की दर छः दशमलव सात प्रतिशत होगी और पचत्तर लाख से अधिक का ऋण लेने के लिए व्याज दर छ दशमलव सात पांच प्रतिशत रहेगी व्याज दरों में छूट कर्ज लेने वाले लोगों के सिविल स्कोर पर निर्भर करेगी